मोदी तीन तलाक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र तीन तलाक कानून को लागू करने से पीछे नहीं हटेगा कल पश्चिम बंगाल के मोइनागुड़ी में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक न्याय के लिए वचनबद्व है इस विषय पर कांग्रेस के रूख की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो न केवल संसद में कानून बनाने के रास्ते में रूकाबट खड़ी कर रही है बल्कि ये भी कह रही है कि वह सत्ता में आने पर इस कानून को वापस ले लेगी राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कल भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित जनआभार सम्मेलन को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने वादा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस गरीबों को गारंटी इनकम देगी जिसके तहत गरीबों के खाते में सीधे पैसा डाला जायेगा श्री गांधी ने प्रदेश के हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने का भी वादा किया कांग्रेस अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर जनता का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि आज हम यहां सिर्फ आपकी वजह से खड़े हये हैं

सभा को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धन्यवाद देते हुये कहा कि हम प्रदेश की जनता को निराश नहीं करेंगे

बैठक में श्री राव ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं अधिकारियों की पद स्थापना और स्थानांतरण तथा मतदान केन्द्रों तथा मतदाता सुची के संबंध में प्रारंभिक कार्यवाही की जा रही है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति उपायुक्त भोपाल इन्दौर एवं ग्वालियर को मतपत्रों के मुद्रण कार्य के समन्वय के लिए पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करने मतदान के दिन अवकाश की घोषणा तथा आयोग द्वारा अन्य राज्यों में प्रेक्षक नियुक्त करने हेतु अधिकारियों की व्यवस्था करने के लिये निर्देशित किया समिति बैठक राज्य शासन द्वारा आदिम जनजाति स्वामित्व की भूमि के प्रबन्धन के लिये गठित समिति की पहली बैठक कल मंत्री ओमकार सिंह मरकाम की अध्यक्षता में मंत्रालय में सम्पन्न हुई

उन्होंने कहा कि इनकी जमीन में सिंचाई के लिये नदी नाले एवं बरसात के पानी को पम्प द्वारा पहुँचाने की व्यवस्था करना आवश्यक है श्री सिंह ने कहा कि खनिज संपदा से भरपूर आदिवासियों की बहुमूल्य जमीन का उन्हें उचित मूल्य दिलाने के लिये अधिग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाये समिति के अध्यक्ष एवं जनजातीय कार्य मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि सभी सुझावों पर अमल किया जायेगा आयकर सर्वे इंदौर में आयकर विभाग की टीम पिछले दो दिनों से एक पान कारोबारी के विभिन्न ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई कर रही है इस दौरान आयकर विभाग के सामने व्यवसायी द्वारा पचास लाख रुपए की अघोषित आय सरेंडर की गयी है

जिसमे विभाग के हाथ लगे दस्तावेजों में पाया गया कि बड़े स्तर पर व्यवसायी टैक्स चोरी कर रहा है

तबादलों से सात जिलों देवास कटनी होशगाबाद दतिया नरसिंहपुर हरदा और आगर मालवा के पुलिस अधीक्षक बदले गये हैं वहीं इंदौर शहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिनारायण चारी मिश्रा को हटाकर रुचिवर्धन मिश्रा की पदस्थापना की गई है

वे इसी महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं लोकसभा चुनाव से पहले इसे सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन में बड़ी सर्जरी के तौर पर देखा जा रहा है हालांकि इसमें से कुछ अफसरों को हाल ही में स्थानांतरित किया गया था इंदौर ग्रामीण में एक महीने पहले पदस्थ किए गए डीआईजी अनिल कुमार को हटाकर उज्जैन रेंज भेज दिया गया है

मीजल्स रूबेला प्रदेश में इन दिनों मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रवीण जड़िया ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के निजी चिकित्सालयों और निजी चिकित्सकों को भी टीकाकरण की अनुमति प्रदान कर दी है वहीं अभियान के तहत ग्वालियर जिले में अभी तक लगभग तीन लाख बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं जिले में चिन्हित शतप्रतिशत बच्चों को टीके लगाने के लिए अभियान जारी है

निलंबन उज्जैन जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निरीक्षण के दौरान काम में सुधार लाने के निर्देश बावजूद उसकी अवहेलना करने के मामले में दो स्वास्थ्यकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर शशांक मिश्र के द्वारा गत दिवस घट्टिया तहसील के पानविहार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आकस्मिक निरीक्षण किया गया था इस दौरान अस्पताल में नियमित सफाई न होने से गन्दगी पाई गई थी इस दौरान दो सफाई कर्मचारियों को भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न करने की चेतावनी दी गई थी इसके बाद कलेक्टर द्वारा दूसरी बार कल पुनः निरीक्षण किए जाने पर उनके काम में कोई सुधार नहीं होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया रोजगार मेला ग्वालियर में कल जिलास्तरीय करियर अवसर एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मुन्नालाल गोयल कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं

कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर विवेक नारायण शेजवलकर ने की खेल महोत्सव रायसेन जिले के सांची में स्थित सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय तृतीय वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया इसमे चीनी भाषा विभाग ओवरऑल चैंपियन रहा टीम इवेंट्स के क्रिकेट वॉलीबॉल और रस्साकशी कैरम और बैडमिंटन डबल्स के मुकाबलों पर चीनी भाषा विभाग ने जीत दर्ज की चीनी भाषा विभाग के खिलाड़ियों का अन्य एकल एवं डबल मुकाबलों में भी दबदबा रहा विश्वविद्यालय के तीसरे वार्षिक खेलों के समापन समारोह में कुलसचिव अदिति कुमार त्रिपाठी ने कल विजेता खिलाडियों एवं टीमों को पुरस्कृत किया मौसम पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और राजस्थान में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के कारण प्रदेश के छतरपुर रीवा सतना बालाघाट सिंगरौली उमरिया कटनी और अनूपपुर जिलों में कल बारिश हुई जिसके बाद एक बार फिर ठंडक बढ़ गई है राजधानी भोपाल में भी कल शाम ठंडी हवाओं से तापमान नीचे गिर गया

वहीं उज्जैन इंदौर और भोपाल के संभागों में सामान्य से कम रहे विभाग के अनुसार फिलहाल तीन से चार दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा